कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

गोरखपुर पहुंचते ही जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर का निरीक्षण किया सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि गोरखपुर में एक बोइंग कम्पनी दो सौ बेड का आईसीयू अस्पताल बनायेगी मुख्यमंत्री ने कम्पनी द्वारा प्रस्तावित दो सौ बेड के आईसीयू अस्पताल के निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ट्रेस ट्रैक और ट्रीट नीति के परिणाम सामने आने लगे हैं और पिछले दस दिन में राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों में पचासी हजार से अधिक की कमी आई है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी को पहली लहर के दौरान गोरखपूर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पांच सौ बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किया गया था यह अस्पताल कोविड की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के उपचार में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपर दौरे के बाद अयोध्या पहुंचे जहां उन्होंने गांवों म संचालित टेस्ट ट्रेक एंड ट्रीट की रणनीति के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान का मौके पर निरीक्षण किया प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की निरन्तरता बनाये रखने के लिये सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है

सरकार ने राज्य में सभी आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक कर दिया है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने भाबलखेड़ा गांव के स्वास्थ्य केन्द्र पर लगाये गये वैक्सीन बूथ का फीता काटकर श्भारम्भ किया और टीकाकरण कराने आये यूवाओं से बात की टीकाकरण करान आये युवाओं ने सरकार द्वारा समय रहते वैक्सीनेशन कराये जाने की सराहना की

राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनोत सहगल ने बताया है कि टेस्ट ट्रीट और ट्रेस की नीति के परिणाम स्वरूप लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है

उन्होंने कहा कि लगातार अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये है कि आवागमन पर सख्ती से रोक लगाई जाये प्रमुख सचिव सूचना ने बताया कि अगली फसल की तैयारी के लिये कोरोना कर्फ्यू से किसानों को मुक्त रखा गया है

दिल्ली अहमदाबाद और लखनऊ के बाद आज से वाराणसी में डीआरडीओ द्वारा स्थापित कोविड अस्पताल श्रू हो गया है

अस्पताल के सभी बिस्तर ऑक्सीजन से युक्त है इस अस्पताल को चलाने के लिये राज्य सरकार ऑक्सीजन निर्बाध बिजली आपूर्ति जैव चिकित्सा और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख कार्यो की सुविधा प्रदान कर रही है

अस्पताल में मरीजों की भर्ती एकीकृत कमांड और नियंत्रण केन्द्र वाराणसी द्वारा की जायेगी

केन्द्र सरकार ने महामारो से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाये हैं दुनिया के अन्य देशों से प्राप्त चिकित्सा सहायता सामग्री को संबंधित सीमा श्र्ल्क आदि की अनुमति तेज गति से कराकर जल्द से जल्द राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी जा रहो है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश में बढते कोरोना संक्रमण पर कडी नजर रखे हुए है आर महामारी से निपटने के लिए तत्परता से कदम उठा रही है महामारी की दूसरी लहर से निपटने की समुचित तैयारी नहीं होने के आरोपों को खारिज करते हुए केन्द्री य मंत्री ने कहाकि जनवरी में काविड मरीजों की संख्या कम हाने के बावजूद सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया